कांताराव प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कान्ताराव ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा है कि सभी राजनैतिक दल लोकसभा चुनाव में आदर्श आचरण संहिता का पालन कराना सुनिश्चित करें जिससे लोकसभा चुनाव शान्तिपूर्ण विश्वसनीय और पारदर्शिता के साथ कराया जा सकें राजनैतिक दलों के साथ बैठक में श्री राव ने कहा कि देश में हो रहे सात चरणों के चुनाव में आखिरी के चार चरणों में प्रदेश में चुनाव होंगे उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिये इस बार मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक पहचान पत्र रखा जाना अनिवार्य रहेगा चुनाव प्रचार में ईको फ्रेन्डली प्रचार सामग्री उपयोग करने का सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है

आयोग द्वारा राजनैतिक दलों को चुनाव प्रचार एवं विज्ञापनों में सुरक्षा बलों के कर्मचारी और अधिकारियों एवं सेना के किसी कार्यक्रम के फोटो का उपयोग नहीं किये जाने के लिये कहा गया है ईवीएम एवं वी वीपैट के परिवहन हेत् उपयोग में लाये जाने हेत् वाहनों में जीपीएस लगाया जायेगा वीवीपैट देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट का मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से करने वाले मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने के बारे में अंतिम फैसला भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की रिपोर्ट आने के बाद लिया जायेगा राजनीतिक दल मतदान को किसी भी तरह की धांधली से मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में दस से तीस प्रतिशत पुष्टि पर्ची की मांग कर रहे हैं मौजूदा समय में वीवीपैट मशीनों का उपयोग सभी मतदान केंद्रों में किया जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वीवीपैट का मिलान प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक ही मतदान केंद्र पर किया जा रहा है चुनाव तैयारी निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की घोषणा करते ही आगरमालवा कलेक्टर अजय ग्रप्ता ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि इस बार लोकसभा चुनाव को देश का त्यौहार नाम दिया गया है उन्होंने बताया कि इस सी विजिल एप का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा

इस मौके पर पुलिस अधीक्षक मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पर्याप्त नाकेबंदी के साथ ही जिले में अन्तर्राज्यीय सीमा पर निरन्तर जांच होगी प्रेसवार्ता के बाद कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दल बल के साथ फ्लैग मार्च किया गया वहीं सीधी में भी जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से चुनाव शांतिपूर्ण पारदर्शी और निष्पक्ष कराने के निर्देश दिये हैं शिवपुरी में कलेक्टर ने सभी शासकीय सेवकों से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने को कहा है वहीं उज्जैन में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी शशांक मिश्र ने पत्रकार वार्ता में कहा कि लोकसभा चुनाव निष्पक्षता और पारदर्शी प्रकिया से संपन्न कराये जायेंगे इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सचित अतुलकर भी मौजूद थे लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही गुना जिले में भी प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरु कर दी हैं

शहर समेत जिले भर में कल शाम से ही संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरु कर दी गई

आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कमार जैन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि मानवाधिकार हनन की घटनाओं के पीड़ितों को सहजता से न्याय सुलभ कराने के लिए जिलास्तर पर मानव अधिकार हनन के मामलों की सुनवाई की जाये

सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन आयोग के सदस्य मनोहर ममतानी एवं सरबजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे जिला मुख्यालय पर होने वाली इस सुनवाई में जिले का कोई भी मानवाधिकार हनन से पीडित व्यक्ति नया आवेदन भी दे सकेगा

सुबह घर पर ही हृदयाघात के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया श्री तिवारी ने रीवा संसदीय क्षेत्र का र्लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया था वे रीवा जिले के गुढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी चुने गए थे

पदमभूषण पुरस्कार मलयालम अभिनेता मोहनलाल दक्षिण अफ्रीका के राजनेता प्रवीण गोर्धन सिस्को के पूर्व प्रमुख जॉन चैंबर्स सांसद हुकुमदेव नारायण यादव करिया मुंडा तथा सुखदेव सिंह ढींसा और दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैय्यर को दिए गए पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में शतरंज खिलाड़ी हरिका ड्रोनावली टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल सामाजिक कार्यकर्ता भगीरती देवी तथा मुक्ताबेन दाग्ली अभिनेता प्रभुदेवा संगीत निर्देशक शंकर महादेवन पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एस जयशंकर कृषक बाबू लाल दहिया तथा राजकुमारी देवी पुरातत्ववेत्ता दिलीप चकवर्ती और रूधिर रोग विशेषज्ञ मम्मैन चांडी शामिल हैं

कांग्रेस जहां प्रदेश में पिछले दिनों विधानसभा चुनावों में मिली जीत से खासी उत्साहित है वहीं भाजपा भी चुनावी रण में उतरने वाली है

छिंदवाड़ा गुना शिवपूरी और रतलाम झाबुआ संसदीय सीट कांग्रेस के कब्जे वाली हैं कल निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही दोनों दलों ने अपनी तैयारियों की गति में और तेजी ला दी है दोनों ही दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चत्र्वेदी ने कहा कि पार्टी का एजेंडा लंबे समय से निर्धारित है मौजूदा सरकार ने पिछले चुनाव के पहले लोगों से जो वादे किए थे उनकी स्थितियों को लेकर लोगों के बीच पहुंचा जाएगा

भोपाल इंदौर और विदिशा सीटों पर पार्टी लंबे समय से चुनाव नहीं जीती है इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है वहीं भारतीय जनता पार्टी के मध्यप्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने दावा किया कि भाजपा की तैयारियां पहले से हैं इस बार भी पार्टी बहमत के साथ जीतेगी मौसम देश के उत्तरी क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं होने और वातावरण में नमी कम होने की वजह से मध्यप्रदेश में भी मौसम में बदलाव हो रहा है अलसुबह तो गुलाबी ठण्ड का असर महसूस होता है लेकिन दिन में पारा चढ़ने से गर्मी बढ़ने का अहसास होने लगा है हवायें नहीं चलने की वजह से रात में भी तापमान में कोई कमी नहीं आने से लोगों ने राहत की सांस लेते हुए गर्म कपड़ो का इस्तेमाल बंद सा कर दिया है हालांकि दिन के तापमान में अचानक आई बढ़ोत्तरी से मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है राजधानी भोपाल में दिन भर ध्रप खिलने से गर्मी महसूस की जा रही है साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम शुष्क बना हुआ है राज्य का अधिकतम तापमान सैतीस डिग्री सेल्सियस कल खरगौन में दर्ज किया गया वहीं ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में तापमान सामान्य रहा शहडोल होशंगाबाद भोपाल के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई